ये छापेमारी अभी भी जारी है

ये छापेमारी हवाला के जरिए धन के लेन देन के सिलसिले में की गई है

श्री कक्कड़ ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था दूसरी ओर श्री मिगलानी ने कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में चुनावी प्रबंधन के लिए हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था इन अधिकारियों के अलावा कोलकाता के एक व्यापारी पारसलाल लोढ़ा के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है जिसमें कई तरह के दस्तावेज बरामद किये गये आकाशवाणी कार्यशाला लोकसभा चुनाव के मददेनजर आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कल प्रदेश भर के आकाशवाणी के समाचार संवाददाताओं की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान भोपाल के मणि सभागार में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का उद्देश्य संवाददाताओं को लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष संतुलित और सटीक कवरेज के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी देना है कार्यशाला में मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश क्मार कोल चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देंगे वहीं जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि उन्हें सरकारी संपर्क माध्यमों की उपयोगिता से रूबरू कराएँगे कश्मीर मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के त्राल में आज तड़के सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र में दो से तीन आतंकवादी छिपे हो सकते हैं कमलनाथ दौरा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज होशंगाबाद जिले के इटारसी के समीप आगजनी से प्रभावित गांवों का दौरा किया उन्होंने आगजनी से प्रभावित परिवारजनों से मुलाकात की उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताया श्री कमलनाथ ने ग्राम पांजराकला रेशलपुर और निटाया गांव में आगजनी से प्रभावित खेतों का जायजा लिया उन्होंने प्रभावितों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है इसके पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी होशंगाबाद जिले में पहुंचकर आगजनी से प्रभावित किसानों से मुलाकात की थी गौरतलब है कि शुक्रवार की रात को नरवाई जलाने के कारण खेत में लगी आग ने सटे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था चुनाव राउण्डअप लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल चार दिन शेष रह जाने को देखते हुए विभिन्न दलों के प्रचार में तेजी आ गई है इस चरण के लिए प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जाएगा

इनमें आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान निकोबार लक्ष्ट्वीप तेलंगाना और उत्तराखण्ड शामिल हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही भारत में फोन की सुविधा निशल्क हो जायेगी और इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम होंगी श्री मोदी आज त्रिपुरा के गोमती जिले में उदयपुर के अलावा मणिपुर में भी रैली करेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज भुवनेश्वर में नये ओडिशा के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे बाद में वे बेनगांव में एक जनसभा भी करेंगे श्री शाह महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और चन्द्रपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर शामली और बिजनौर में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगी मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये प्रदेश में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में आज भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा वोट क्लब पर वॉक फार डेमोकेसी कार्यकम का आयोजन किया गया कार्यकम में जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े सहित नागरिकों ने अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का संकल्प लिया खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी लगातार मतदाता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

इस दौरान वे लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे भिण्ड मुरैना सागर बैतूल सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं

वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की कल शाम अचानक तबियत बिगड़ जाने से उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है